राजस्थान वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता से अपनाने वाला देश का छठा राज्य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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने आज ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र के निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदेश में पूरी तैयारी कर रखी है श्री गहलोत ने बताया कि इसी बीच पहले पूर्व मंत्री महेन्द्र जीत सिंह मालवीय ने और अब सीनियर आईएएस अधिकारी डॉ पृथ्वीराज ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के तहत टीका लगवाया है उन्होंने कहा कि इससे प्रदेशवासियों जनप्रतिनिधियों ब्यूरोकेसी सरकारी और गैर सरकारी सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और उनका उत्साह बढेगा श्री गहलोत ने आशा जताई कि राज्य सरकार वैक्सीन अभियान को सफलता के साथ पूरा करेगी

इससे जिलेभर में कोविड नमूनों की जांच में तेजी आयेगी इससे पहले ये सभी नमूने जयपुर भेजे जाते थे जिस कारण रिपोर्ट आने में देरी होती थी

इस अवसर पर खिलाडियों को कोरोना से बचाव के लिए नियमित अभ्यास मास्क का प्रयोग सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने के बारे में बताया गया और मास्क का वितरण किया गया

इसी के तहत कोविड के प्रति जागरूकता के लिये आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है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

इसका उद्देश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहायता पहुंचाना है पत्र सूचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को एक निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है ये प्रारूप पीआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है

राजस्थान के अलावा पांच अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश तमिलनाड़ और तेलंगाना ने पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है

श्री सारंग ने आज बांसवाडा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानूनों के कारण किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलेगा

प्रदेश के किसानों में इन कानूनों को लेकर खूशी है श्रीगंगानगर जिले के एक किसान सुखजीत सिंह ने कहा कि इन कानूनों से किसानों को काफी फायदा मिलेगा

श्री मिश्र आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के ऑनलाइन आयोजित दीक्षान्त समारोह में सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों को शोध और अनुसंधान की ऐसी संस्कृति विकसित करने का भी आहवान किया जिसका लाभ प्रदेश के सर्वांगीण विकास में हो सके

कुलपति प्रो आर पी सिंह ने इस मौके पर कहा कि कृषि वैज्ञानिक अधिक से अधिक किसानों से सीधा संवाद बनाने और उन तक कृषि की नई तकनीक पहुंचाने का संकल्प लें

भरतपुर पहुंचने पर सेवर फोर्ट पर सैनिकों ने विजय मशाल का स्वागत किया और देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद किया

राजधानी जयपुर के अलावा अजमेर वर्नस्थली उदयपुर कोटा सीकर सहित कई स्थानों पर तापमान गिरा है वहीं माउंटआब् तथा राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रो में पारा चढने से लोगों को सर्दी से मामूली राहत मिली है